लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए बागेश्वर और हरिद्वार में कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण

लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल कभी विकास की बात नहीं करते क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपने हितों में ज्यादा है बिहार के पालीगंज में चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केन्द्र में कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं ताकि व्यक्तिगत लाभ के लिए ये ब्लैंकिमेलिंग का सहारा लेकर अपने काम करवा सकें प्रधानमंत्री ने झारखंड के देवघर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पंजाब के फरीदकोट में रैली को संबोधित किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने वाराणसी में रोड शो किया समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के मऊ में रैली की उधर सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कोलकाता में कल हुए हिंसा को द्भाग्यपूर्ण करार दिया और राज्य की पुलिस की एकतरफा कार्रवाई की निंदा की

मतगणना प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव के मतगणना के लिए प्रदेश में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

सभी कार्मिकों के मोबाईल फोन गेट पर ही जमा करा दिये जायेंगे उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि मतगणना स्थल पर बिना अनुमति पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा उधर हरिद्वार में भी मतगणना के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन का द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतगणना से संबंधित नियम कानून और सिद्धांत से सम्बन्धित जानकारी दी गई

कांग्रेस कार्यकर्ता बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के मामले को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट तथा अखबारों की कटिंग के आधार पर जांच होगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया था उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर गलत बयानबाजी बयान करने का आरोप लगाया था रिटर्निंग ऑफिसर राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है उन्होंने आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी शंकर बोरा से इसकी रिपोर्ट मांगी है उन्होंने कहा कि किसी को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी

इस पार्क की सबसे संवेदनशील दक्षिणी सीमा पर थर्मल कैमरे लगाए जाएंगे अभी तक यहां साधारण कैमरे ही लगे थे अब इन कैमरों की जगह थर्मल कैमरों से निगरानी होगी पहले चरण में पार्क प्रशासन आठ थर्मल कैमरे लगवा रहा है इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी पार्क प्रशासन के अनुसार इन कैमरों से जहां वन्यजीयों के विचरण और शिकारियों पर नजर रहेगी वहीं जंगल में आग लगने संबंधी घटनाओं की भी तत्काल सूचना मिल सकेगी मौसम प्रदेश में मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार रंग बदल रहा है तकरीबन रोज ही ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम तक बर्फबारी हो रही है आज भी चमोली समेत कुछ एक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हुई राजधानी देहरादून में भी सुबह कुछ देर आसमान पर घने बोदल छाने के साथ तेज हवाएं चलीं हालांकि बारिश न होने से लोगों को उमसभरी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिल पाई वहीं दोपहर चटख धूप खिल आई चमोली जनपद में दोपहर निचले इलाकों में बारिश हुई साथ ही हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की सूचना है जिले में चार दिन से रूक रूक कर हो रही बर्फबारी और बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ गई है जिससे ठंड महसूस की जा रही है केदारनाथ में भी सुबह मौसम सापफ रहा लेकिन दोपहर बाद घने बादल छा गए उधर नैनीताल में आज तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ इस बीच पर्वतीय क्षेत्र में कई जगह जंगलों में लगी आग बारिश की वजह से बुझ गई है मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं वहीं पिथौरागढ़ जिले में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है देहरादून पौड़ी उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर नैनीताल अल्मोड़ा के क्छ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है

हालांकि यात्रा निर्बाध रूप से जारी है मगर बदरीनाथ और केदारनाथ में बीच बीच में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण तीर्थयात्रियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है चमोली जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को ठंड से राहत दिलाने के लिए बदरीनाथ धाम में अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं जोशीमठ के एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि बदरीनाथ नगर पंचायत को अलाव की व्यवस्था के लिए कहा गया है धाम में किसी भी तरह पेयजल संबंधी दिक्कत न हो इसके लिए जल संस्थान के अधिकारियों को मैनपावर बढ़ाकर सभी जगह पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है उन्होंने बदरीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों से समुचित मात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने की भी अपील की है उधर चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बदरीनाथ धाम में यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए अलग से यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती की है यात्रा मजिस्ट्रेट जोशीमठ के एसडीएम से समन्वय करते हुए यात्रा व्यवस्था की निगरानी करेंगे जैविक चाय असम से आए चाय विज्ञानियों और विशेषज्ञों के दल ने चंपावत जिले में स्थित चाय बागानों और चाय फैक्टरी का निरीक्षण किया चंपावत में ब्रिटिशकाल से ही चाय की खेती की जाती रही है लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहां के चाय बागान धीरे धीरे खत्म होते चले गए

छीड़ापानी में चाय की पौध तैयार करने के साथ ही लीसा फैक्ट्री स्थित चाय विकास बोर्ड की फैक्ट्री में चाय की पैकेजिंग की जा रही है विशेषज्ञ दल ने निरीक्षण के दौरान अपनी अलग पहचान रखने वाली चंपावत की जैविक चाय को और बेहतर बनाने पर जोर दिया चंपावत की जैविक चाय की मार्केटिंग कोलकाता में होती है जहां से इसे यूरोपीय देशों को भेजा जाता है

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों से काफी दिलचस्प सवाल प्रछे गए

साथ ही मिस्टर पायरेक्सिया और मिस पायरेक्सिया का भी चुनाव किया गया समापन अवसर पर एम्स निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने पायरेक्सिया की आयोजन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया

इस मौके पर अल्मोड़ा तहसील के बहुद्देश्यीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें दर्ज करने के साथ ही उनका निस्तारण भी किया गया

कार्यक्रम में लोगों को विकास प्राधिकरण के नियमों और मानकों की जानकारी दी गई इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे